पर्यटन नगरी मनाली में पहली अक्तूबर से होटल खोलने की तैयारी में जुटे होटल व्यवसायी

राज्य कार्यसमिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र मौजूद रहे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और राष्ट्रीय सचिव तरूण चुग वर्चुअल माध्यम से जुड़े

उन्होंने कहा कि अब तक केवल चूनाव के समय गरीबों को याद किया जाता था लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों के लिए सैंकड़ों योजनाएं बनाई हैं जिन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को मज़बूत करने का काम कर रही है

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरूण चूग ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष अभूतपूर्व रहा है उन्होंने कहा कि इस दौरान केन्द्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर एक नए भारत की नींव रखी है

कार्य समिति की बैठक में दो राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए गए जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों ने समाज के हर वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की है और पार्टी कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं के लाभार्थियों से उचित सम्पर्क रखना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के डबल इंजन से हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में देश का आदर्श राज्य बनने की ओर अग्रसर है इस दौरान उन्होंने जनहित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बखान किया

वर्चअल रैली में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा प्रदेश भाजपा संगठन सचिव पवन राणा और महासचिव राकेश जम्वाल सहित मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल और शिमला भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे राजीव सैजल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न वर्गों की सुविधा के लिए हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है

ये फैसला आज मनाली होटलियर एसोसिएशन की बैठक में लिया गया एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुप ठाक्र ने मनाली में कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग की उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी कोविड केयर सेंटर स्थापित नहीं किया गया है ऐसे में यदि पर्यटकों की आवाजाही में कोरोना का मामला आता है तो उसके ईलाज के लिए कोविड केयर सेंटर का होना आवश्यक है उन्होंने होटल खोलने का फैसला होटल मालिकों की इच्छा पर छोड़ा है और कहा कि इसके लिए होटल मालिकों को बाध्य नहीं किया जाएगा चार्टिड अकांउटेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टेड आकउंटेंटस ऑफ इंडिया की हिमाचल ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष योगेश वर्मा और वरिष्ठ चार्टेड आकांउटेंट राजेश सक्सेना ने सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने की सरकार से मांग की है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत न होने से भ्रष्टाचार पनप रहा है और कई घोटाले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों में ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए सरकार को स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने पर भी विचार करना चाहिए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की एकता और देश की अखंडता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के रहने की वकालत की है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सोनिया गांधी के इस पद पर रहने से पार्टी ने मजबूती के साथ भाजपा के जनविरोधी फैसलों का मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता से सोनिया गांधी व राहुल गांधी के साथ खड़ी है और इन नेताओं के फैसले का सम्मान करती है उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन को और मज़बूत करने के लिए पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपी जाएगी प्रमोद शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रहे प्रमोद शर्मा ने शिमला के ट्टू में खंड विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर का आभार जताया है

उन्होंने कहा कि इससे किसानों बागवानों और ग्रामीण विकास में जुटे स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा

प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है